इस उपलक्ष्य में आज शिमला में पुलिस विभाग द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने झंडी दिखाकर रवाना किया

इस मौके मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खिलाफ छात्रों व अन्य प्रतिभागियों को शपथ भी दिलाई बाद में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाक्र ने युवा पीढ़ी द्वारा नशीली दवाओं के उपयोग पर चिंता जताते हुए इसे समाप्त करने के लिए सांझे प्रयासों की ज़रूरत बताई नशा मुक्ति दिवस इस बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशे की लत से मुक्ति दिलाने के लिए देशभर में चार सौ एकीकृत नशा मुक्ति केन्द्र चलाए जा रहे हैं नशे की लत से जुझ रहे व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों तथा समुदायों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है

संस्थान ने आईटीएफटी से अपनी डिग्री पूरी करने वाले हिमाचल के विद्यार्थियों के लिए ये समारोह आयोजित किया

आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षा अपने तक सीमित नहीं होनी चाहिए और इसका उपयोग समाज कल्याण के अलावा राष्ट्रहित में होना चाहिए बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में विधानसभा परिसर का निरीक्षण कर पिछले चार महीनों में हुए मुरम्मत कार्यों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष लॉज के साथ लगते डायनिंग रूम में कई सुधारों का निर्णय लिया राजीव बिंदल ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ये कार्य समयबद्ध निपटाने के निर्देश दिए शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ाई से लागू करने पर बल देते हुए नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत बताई है धर्मशाला में कांगड़ा जिला संडक सुरक्षा समिति की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये बात कही शांता कुमार ने कहा कि ये जरूरी है कि सड़क नियमों को लेकर लोगों के मन में कानून का डर हो ताकि कोई नियम तोड़ने की हिम्मत न कर सके और मूल्यवान जीवन सड़क पर बर्बाद न हो उन्होंने लोके निर्माण विभाग को जिले में दुर्घटना संभावित स्थान चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुधारने को कहा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों के शारीरिक विकास के अलावा प्रतिस्पर्धा की भावना सुदृढ़ होती है शिमला जिले मे ठियोग उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्मयिक पाठशाला केलवी में खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास पर विशेष बल दे रही है और प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोंचिग उपलब्ध करवाई जा रही है

चुनाव वाले दिन इस क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालय बोर्ड निगम और शिक्षण व औद्योगिक संस्थानों सहित सभी दुकाने बंद रहेगी इस संबंध में सरकार ने आज अधिसुचना जारी कर दी है चुनाव वाले दिन क्षेत्र से बाहर रहने वाले कर्मचारी मतदाताओं को योट देने के लिए विशेष आकरिमक अवकाश देय होगा बेशर्ते उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी से वोट देने संबंधी प्रमाण पत्र दिखाना होगा